प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले तीन दिनों से रूक रूकर कर हो रही वर्षा के चलते तापमान में आई गिरावट

सरकार ने बताया कि पिछले महीने के अंत तक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लैटफार्म पर एक करोड़ चौसठ लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है इनमें से अस्सी लाख से अधिक किसानों ने इसका फायदा उठाया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि करीब सवा लाख व्यापारी भी इस प्लैटफार्म से जुड़े हैं पिछले महीने के अंत तक इकहत्तर हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार इसके जरिये हो चुका है केंद्र आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए किफायती आवास योजना के तहत सभी नागरिकों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है दूरदर्शन समाचार के साथ साक्षात्कार में आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार दो हजार बाईस तक एक करोड़ नागरिकों को मकान उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्द है

टाइटल जो है वो महिला के नाम पर होना चाहिए

देश में सौंदर्य और आरोग्य उद्यमिता के क्षेत्र में अगले कुछ महीनों में युवाओं के लिए सत्तर लाख रोजगार के अक्सर उपलब्ध होंगे कल नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि देश में इस क्षेत्र का बाजार अस्सी हजार करोड़ रुपये हैं और यह लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने समी रार्ज्यो के विधि सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से इस महीने की इक्कतीस तरीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने को भी कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है प्रधानमंत्री के देश को दो हजार चौबीस तक पांच ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के संकल्प के ऊम में प्रदेश के व्यापारियों को राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास करना चाहिए उन्होंने कहा कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य ही व्यापारियों का कल्याण करना है और सरकार व्यापारियों की सभी तर्कसंगत समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर है श्री योगी लखनऊ में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की बैठक के संबंध में प्रस्तुतिकरण के बाद बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उददेश से सकारात्मक माहौल तैयार किया गया है और उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं श्री योगी ने कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार ऑन लाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करता है तो व्यापारीगण साक्ष्य के साथ अपनी शिकायत दर्ज करायें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौ सेवा आयोग के साथ लखनऊ में आयोजित एक बैठक के दौरान आयोग के गैर सरकारी अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा कर तीन वर्ष किये जाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों को आवास सुरक्षा और मानदेय जैसी अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये आयोग के जनपद भ्रमण का कार्यक्रम मुख्यालय द्वारा निर्गत किया जाये तथा जनपदों में बैठकों के दौरान जिलाधिकारी पुलिस के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग गौ सेवा के कार्यो हेतु सामाजिक संगठनों का सहयोग लेकर काम करे उन्होंने कहा कि आयोग जनपदों में यह आवश्यक रूप से देखे कि गौ संरक्षण स्थलों निराश्रित गौवंश स्थलों और गौशालाओं में गायों की उचित देखभाल की जा रही है गौवंश तस्करी और अवैघ बूचड़खानों का संचालन न हो इस तथ्य को भी आयोग देखे भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती पर इस वर्ष दो से इक्कतीस अक्टूबर तक हर संसदीय क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन करेगी संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक के बाद यह जानकारी दी प्रह्लाद जोशी ने कहा कि हर निर्वाचन क्षेत्र में पन्द्रह से बीस दल बनाये जायेंगे जो प्रतिदिन पन्द्रह किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे

कम से कम एक दिन स्वयं एमपी उधर जाना चाहिए उधर गांधी जी के बारे में देश के पचहत्तर वर्ष भी पूरे हो रहे हैं उसके बारे में फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताना स्लांटेशन ऑफ ट्रीज ये सब कार्यक्रम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन किया अयोध्या में रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले के मूल याचिकाकर्ताओं में से एक ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में कल अर्जी दाखिल की याचिकाकर्ता ने कहा कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यों के मध्यस्थता पैनल को दिया गया है लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है जीएस विशारद के अधिवक्ता पी एस नरसिम्हा ने प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि इस विवाद को अदालत के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्व करने की आवश्यकता है प्रदेश के अधिकांश भागों में पिछले दो तीन दिनों से रूक रूक कर हो रही वर्षा के चलते तापमान में गिरावट आयी है साथ ही कृषि कार्यो में भी तेजी आ गयी है कई स्थानों पर वर्षा का जल भराव होने से यातायात बाधित हो जाने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आकाशीय बिजली वर्षा और हवा के कारण कच्चे मकानों के धसने पेड़ों के ट्टने विद्युत खम्मों और तारों के टूटने से लोगों को जन धन की हानि का सामना करना पड़ रहा है मेरठ कन्नौज मैनपुरी प्रतापगढ़ आजमगढ़ कानपुर वाराणसी चंदौली बस्ती सिद्वार्थनगर मऊ हमीरपुर चित्रकूट बरेली गोरखपुर अयोध्या मिर्जापुर भदोही बलिया औरैया जौनपुर कृशीनगर सहित कई स्थानों पर वर्षा का कम जारी है बलरामपुर जनपद में वर्षा होने से नेपाल सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पहाड़ी नाले उफान पर हैं जिससे महराजगंज ललिया तुलसीपुर गौरा चौराहा सहित अन्य मार्गो पर आवागमन प्रभावित हो रहा है वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ाव पर है शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलिया कला में खतरे के निशान से सत्ताईस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है मौसम विभाग ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है केन्द्र सरकार मूल्य स्थिरता निधि के तहत चालू रबी के मौसम में साठ हजार मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाएगी इसे चरणबद्द तरीके से उपभोक्ताओं के लिए जारी किया जायेगा कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ ने इस महीने की दो तारीख तक लगभग तिरपन हजार मीट्रिक टन प्याज का भंडारण कर लिया है केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गृणवत्ता पर जोर देने का आहवान किया है ताकि भारत अपने उत्कृष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए जाना जा सके नई दिल्ली में स्वच्छ और सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना में अभियांत्रिकी योगदान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारतीय उत्पाद और सेवाए पूरी दुनिया में न केवल अपनी प्रतिस्पर्धी कम लागत बल्कि उत्कृष्टता के लिए भी लोकप्रिय हो सकती हैं उन्होंने कहा कि भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है

नियमों के अनुसार मैच आज यहीं से आगे शुरू किया जाएगा